कहा पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा किसी भी पार्टी की शक्ति उसके कार्यकर्ताओं में निहित होती है

मुख्य सचिव ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही प्रधानमत्री ने कहा कि भारतीयों की क्षमता पर संदेह करने वाले कुछ लोगों ने कहा था कि यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा सोचने वाले लोग हमेशा से निराशावादी रहे हैं

संघीय बजट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम नया भारत बनाने के बिल्कुल करीब हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के बड़ा लालपुर गांव स्थित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केन्द्र में आज एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की

सदस्यता अभियान राज्य में भी आज विभिन्न स्थानों पर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरूआत की गई देहरादून में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पार्टी की शक्ति उसके कार्यकर्ताओं में निहित होती है जिनके अनुशासन और लगन से ही पार्टी आगे बढ़ती है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को तय समय पर पूरा कर लेगी उधर पिथौरागढ़ से भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत राज्य मंत्री रेखा आर्या ने की इस दौरान उन्होंने अनेक युवाओ बुजुर्गो और महिलाओ को पार्टी की सदस्यता दिलाई उन्होंने बताया कि पार्टी ने पिथौरागढ़ जिले को तीस हजार कार्यकर्ता और एक हजार सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य दिया है जिसे हर हाल में पूरा किया जायेगा उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ता जोड़ना राष्ट्र निर्माण में सबको भागीदार बनाने का एक प्रयास है ताकि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओ को पहुँचाया जा सके सदस्यता अभियान जारी उधर रुड़की में भाजपा ने सदस्यता अभियान के तहत संगठन पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया पार्टी हरिद्वार जिले में एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता सभी गांवों में जाकर काम करना शुरू कर दें ताकि हरिद्वार जिले का लक्ष्य पूरा हो सके एफआरआई बैठक देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में वानिकी हस्तक्षेप द्वारा यमुना नदी के पुनरुत्थान हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी विषय पर उत्तराखण्ड राज्य की परामर्श बैठक आयोजित की गई बैठक में विशेषज्ञों ने डीपीआर तैयार करने को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए बैठक में बताया गया कि यमुना नदी बेसिन के लिए यह डीपीआर तैयार की जा रही है और इसके संरक्षण को लेकर वानिकी के माध्यम से उपाय तैयार किए जाएंगे

जिसे पांच राज्यों उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश बिहार झारखण्ड और पश्चिम बंगाल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है किसान आय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने में कृषि और बागवानी की अहम भूमिका हैं उत्तरकाशी में संबंधित विभागों की बैठक लेते हुए श्री उनियाल ने कहा कि अधिकारी जिले में खेती के साथ साथ बागवानी को बढ़ाने का प्रयास करें

कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों के खेत और बगीचों की घेरबाड़ चैक डैम आदि कार्य मनरेगा से करायें जाए ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए मौसम अगले दो दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है

गौरतलब है कि मानसून राज्य भर में प्रवेश कर चुका है जिसके चलते गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में वर्षा हो रही है इस बीच आज देहरादून हरिद्वार चमोली पिथौरागढ़ सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने के समाचार प्राप्त हुए हैं बारिश होने के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले कुछ मार्ग बाधित हैं

हरेला हरेला पर्व के अवसर पर इस साल प्रदेश में सवा छह लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत राज्यभर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और पत्तेदार वृक्ष लगाये जायेंगे देहरादून में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि वृक्षारोपण और उसके संरक्षण के लिए विशेषज्ञों की राय भी ली जानी चाहिए देहरादून की रिस्पना और अल्मोड़ा की कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण पर विशेष बल देते हुए श्री रावत ने कहा कि इन नदियों का संरक्षण अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन सकता है उन्होंने अन्य जिलों की नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास करने पर जोर दिया जल शक्ति अभियान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण के लिए की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से इस अभियान के तहत जिलों द्वारा तैयार कार्ययोजना की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने जल शक्ति अभियान के तहत गांव ब्लॉक और जिला स्तर पर दीर्घ कालीन कार्य योजना तैयार कर जल संचय और जल संरक्षण करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

उन्होंने कांवड़ शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा है सचिवालय में कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने मेले के दौरान पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाये रखने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करने स्वास्थ्य सफाई पेयजल विद्युत पार्किंग शौचालय और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि देहरादून मसूरी और चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को रूड़की हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों के बीच से न जाने के बजाय बाईपास से जाने के लिए प्रेरित किया जाय मुख्यमंत्री ने कांवड़ मेले के दौरान रेलवे से स्पेशल ट्रेन की मांग करने को भी कहा उन्होंने कहा कि इस तरह से योजना बनाई जाएं कि कांवड़ के दौरान निर्माण से संबंधित कार्य अवरूद्व न हो सकें